प्रधानमंत्री ने स्कूलों से सारी गतिविधियों और खेलों को शिक्षा के साथ जोड़ने का अनुरोध भी किया प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से बातचीत के अनुभव के बाद भरोसा जताया कि आत्मविश्वास से भरा देश का युवा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है उन्होंने जल संरक्षण में बढ़ती जनभागिता की सराहना की और कहा कि इसके लिए देश के प्रत्येक हिस्से में व्यापक स्तर पर नए तरीके के प्रयास जारी हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में पढ़ने का अनुरोध करते हुए कहा कि ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपनी कड़ी मेहनत के बल पर समाज के सबसे निचले तबके से ऊपर उठे हैं महेन्द्र सिंह बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बागवानी विकास परियोजना एचपी शिवा के तहत बिलासपुर के मझेड़ गांव में कल अग्रिम प्रदर्शनी स्थल व बागवानी समूह का शुभारम्म किया

उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत अगले एक वर्ष में सौ हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अधीन ज़िले के सभी विकास खण्डों को लाया जाएगा

रामपुर के डीएसपी अभिमन्यु वर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन लोगों की अधिकांश समस्याओं का समाधान किया जाएगा

अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन और नागरिक उड्डयन आरडी धीमान ने बताया कि हिमाचल प्रदेश थीम स्टेट के रूप में इस शिल्प मेले में भाग लेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश को पर्यटन क्षमता सांस्कृतिक विरासत हथकरघा हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं जनजातीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और न्यूनतम तापमान शुन्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में भी रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है